हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब व जम्मू कश्मीर का दौरा बीच में छोड़कर रेवाड़ी सामूहिक द्वष्कर्म की घटना को सुलझाने के लिए आज चंडीगढ़ वापस आये म्ख्यमंत्री ने रावी ब्यास नदियों के पानी पर हरियाणा का हक फिर जताया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से आहवान किया कि वे महात्मा गांधी के सव्च्छ के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करेन के लिए स्वच्छता के प्रति अपने अध्यापकों प्न समर्पित करें सारे देश में स्व्चछता अभियान की श्रूआत कल उन्होंने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की थी श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता एक आदत की तरह है जिसे लोगों को अपने दैनिक जीवन के अपनाना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि कूक्रे का सही निपटान जरूरी है तथा इसके प्रबंधन को बेहतर करना होगा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज देश भर के गांवों में स्वच्छता ग्राम सभाएं आयोजित हो रही है ये सभाएं स्वचछता ही सेवा पखवाड़े का हिस्सा है जिसमें वो अपनी ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान पर नज़र रखेगी व भविष्य में अपनाई जानेवाली रणनीतियां बनायेगी ताकि चारो आरे स्वच्छता सथापित हो

उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता अभियान में गांव के लोग व अन्य अधिकारी शामिल होंगे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वो एक एक गांव गोद ले और उसे सवच्छ करने की जिम्मेदारी ले ताकि जन भागीदारी से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके और गांव गंदगी मुक्त हो अम्बाला के विधायक असीम गोयल ने कहा है कि स्वच्छता ने केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है बल्कि स्वच्छ वातावरण मे रहने से व्यक्ति में आचार व्यवहार में भी स्वच्छता आती है श्री गोयल स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरूआत पर अम्बाला में शहरवासियों के साथ श्रमदान करते हुए उन्होंने कहा कि विकास सही मायने में तभी सार्थक हो सकता है जब आस पास का वातावरण स्वच्छ हो स्वचछता किसी एक दिन या सप्ताह का विषय नहीं बल्कि ये लोगों को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत पलवल के गांव बामनीखेड़ा में सफाई अभियान चलाया गया जिला उपाय्क्त मनी राम शर्मा ने ग्रामीणों का स्वच्छता की शपथ दिलाई उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता अभियान का श्रभारंभ किया है जिनके कदमों से देशवासियों में इसके प्रति जागरूकता आई है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंजाब व जम्मू कश्मीर के सारे कार्यक्रम रद्द करके रेवाड़ी करके रेवाड़ी में हुए सामूहिक दुष्कर्म से सम्बधित तफतीश पर ध्यान देने के लिए चंडीगढ़ वापस आ गये मुख्यमंत्री ने राज्य के डीजीप को सभी दोषियों को पकड़ने के लिए और अधिक कोशिश करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हए कहा कि दोषियों को हर हालत में पकड़कर सज़ा दिलाई जायेगी इससे पहले पठानकोट में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये घटना बड़ी द्र्भाग्यपूर्ण है और दोषियों को पकड़ने के लिए एक एक लाख रूपये का ईनाम रखा गया है

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय से हमें इसांफ मिलने की पूरी उम्मीद है और पहले ही एसवाईएल नहर बनाने के आदेश हरियाणा के हक मे हो चुके है

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को हस्टप्स्ट व तंदरूस्त बनाने के लिए प्री मेहनत कर रही है और गांवों मे व्यायाम शालाएं खोली गई है जो लोगों को फिट बनाने में मददगार साबित होगी व्यायाम व योग ऐसी य्क्ति है तो दिमाग को ठंडा और शरीर को चूस्त रखता है डा बनवारी लाल ने कहा कि व्यायामशालाओं में योग साधकों को अच्छा माहौल मिलेगा उधर अम्बाला में नेता जी सुभाष पार्क के पास व्यायाम शाला भी बन कर तैयार हो रही है जिसमें शहर वासियों को व्यायाम और योग करने के लिए एक बेहतर स्थान उपलब्ध होगा हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे इस परियोजना का निर्धारित समय मे पूरा करे ताकि लोगों को व्यायामशाला का लाभ शीघ्र मिलना शुरू हो सके

पिछले दिनो जकार्ता में आयोजित हए एशियाई खेलों में बॉकसिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त् करने वाले बाक्सर अमित पंघाल को ग्रूग्रम में सम्मानित किया गया हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह व जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने अमित पंघाल को बधाई दी जिन्होंने उज्जबेक बाक्सर को फाईनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता था अमित पंघाल ने अगले ओलम्पिक में बाकसिंग में भारत की झोली में स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य रखा है और माना है कि हरियाणा सरकार दवारा स्थापित की गई खेल नर्सरियों देश के खेल के स्तर और प्रदर्शन को बेहतर करेगी पंचकूला जिलावासियों ने आज राहगिरी कार्यक्रम का आनंद उठाया जिसमें य्वा और प्रभावशाली कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तृत किये बच्चों ब्जूर्गो व महिलाओं ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लिया यवनिका पार्क में आज आयोजित इस राहगिरी कार्यक्रम में पंचक्ला उपाय्क्त म्क्ल क्मार ने लोगों को प्रोत्साहित किया ये जिले का चौथा राहगिरी कार्यक्रम था जिसमे लोगों का भरपूर मनोरंजन किया गया व योग तथा अन्य खेल स्वर्धाएं भी आयोजित कीी गई अम्बाला जिला के नारायणगढ़ प्लिस दल ने शहजांदप्र में अनाज मंडी मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान चैकिंग करतेहए अवैध शराब की खेप पकडी है

न्यायालय ने ट्क चालक का चार दिन का प्लिस रिमांड दिया है नाइट डोमिनेशन के दौरान नारायणगढ़ पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ा था

प्लिस के जांच अधिकारी ने बताया कि वाहन चालक गिरफतार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है प्रधानमंत्री मृदा योजना से देश के पांच करोड़ अस्सी लाख लघ् व्यवसायियों को फायदा पहंचा है इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों को दस लाख रूपये तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है